मतदान के लिए केवल दो दिन बचे हैं

कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा है कि ये स्वायत्त संस्थान अब अपनी विश्वसनीयता खो चुका है कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख रणदीपसिंह सुरजेवाला ने आज नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में आयोजित विशेष संवाददाता सम्मलेन में यह आरोप लगाते हुए कहा कि आयोग के काम करने के तरीके से साफ हो गया है कि वह लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा नहीं कर पा रहा है उधर भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार करते हुए तृणमूल कांग्रेस पर पश्चिम बंगाल में हिंसा फैलाने का आरोप लगाया है केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने आज नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कोलकता में अमित शाह के रोड शो के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नहीं बल्कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी ने कहा है कि थानागाजी सामूहिक दूष्कर्म मामले के दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी

पत्रकारों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि इस मामले में सात दिन में चालान पेश कर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जायेगी उन्होंने अलवर को बेहद संवेदनशील जिला बताते हुए कहा कि यहां पुलिस व्यवस्था को और भी मजबूत बनाया जायेगा उन्होंने पीडिता को सरकारी नौकरी देने का आश्वासन भी दिया

देश के पहले लोकपाल और उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश पिनाकी चन्द्र घोष ने आज लोकपाल की वेबसाइट का लोकापर्ण किया नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर एनआईसी द्वारा तैयार इस वेबसाइट के लोकार्पण के दौरान लोकपाल के सभी सदस्य और एनआईसी की महानिदेशक भी मौजूद थे वेबसाइट में लोकसभा के कामकाज को लेकर भी मौलिक जानकारियां उपलब्ध कराई गई हैं

वित्त आयोग ने कहा है कि घरेलू सकल उत्पाद जीडीपी के आंकड़ों में उतार चढाव वैश्विक स्तर पर हो रही उथल पुथल के कारण है और मध्यम अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था अपने मजबूत आधारों के बल पर बढत में रहेगी वित्त आयोग और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में हई बैठक में आयेाग ने माना कि प्रत्यक्ष कर संग्रहण की स्थिति सुद्रढ है लेकिन अप्रतयक्ष कर में उतार चढाव बना हुआ है व्यय के मुद्दे पर बैठक में कहा गया कि केन्द्र सरकार की योजनाओं में खर्च को तर्कसंगत बनाने की जरूरत है

श्रीमती कुलश्रेष्ठ को उनकी पुस्तक स्वप्नपाश के लिए ये पुरस्कार दिया जा रहा है

प्रदेश में गर्मी के दौरान पानी की समस्या गहरा जाने से नाराज लोग कई स्थानों पर प्रदर्शन कर रहे हैं अजमेर के वैशाली नगर में लोगों ने जलदाय विभाग कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और मटके फोडे लोगों ने आरोप लगाया कि पानी की आपूर्ति दो दिन के अंतराल से हो रही है जयपुर के आमेर में भारतीय जनता पार्टी विधायक सतीश पूनिया के नेतृत्व में पेयजल की समस्या को लेकर धरना दिया गया वहीं बीकानेर में दूषित पेयजल की आपूर्ति से लोगों में नाराजगी है उच्च न्यायालय ने झंझनू जिले की सुरजगढ पंचायत समिति में प्रधान पद के लिए कल होने वाले उपचुनाव पर फिलहाल रोक लगा दी हैं इस मामले में दायर याचिका पर आज न्यायालय ने स्थगन आदेश जारी किया बांसवाड़ा जिले की क्शलगढ पंचायत समिति के प्रधान पद के लिए भी कल होने वाला उपच्नाव स्थगित कर दिया गया है

पुलिस ने लुटेरो को पकड़ने के लिए तीन थानों की संयुक्त टीम बनाई है जयपुर डिस्कॉम ने कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में एक कनिष्ठ अभियंता को तुरंत प्रभाव से निलम्बित कर दिया है प्रदेश में मौसम का मिजाज बिगड़ने से आज भी कुछ जगह आंधी तूफान बारिश के समाचार हैं बूंदी में दिनभर तेज गर्मी रही और शाम को आंधी के बाद तेज बारिश हुई

शहर में दिनभर बादल छाये रहे और तापमान में कल के मुकाबले गिरावट दर्ज की गयी झालावाड़ में भीषण गर्मी के कारण जनजीवन प्रभावित रहा